मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आज नारायणपूर का दौरा किया नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम दूर्ग में स्वीप मिठाई प्रतियोगिता का हुआ आयोजन वहीं महासमुंद में दिव्यांगजनों ने निकाली रैली दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानकों से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाले पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर लगेगा प्रतिबंध दुर्घटना महासमुंद जिले की सीमा से लगे ओडिशा के नुआपाड़ा में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में दस लोगों की मौत हो गई इनमें एक ही परिवार के चार सदस्य शामिल हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये सभी लोग एक चारपहिया वाहन में सवार होकर ओडिशा के कोमना स्थित देवी मंदिर में दर्शन कर मंहासमुंद लौट रहे थे इसी दौरान नुआपाड़ा और खरियार रोड के बीच सिल्दा नाला के पास उनका चारपहिया वाहन सामने से आ रही ट्रक से टकरा गया यह भिडंत इतनी जबरदस्त थी कि दस लोगों की मौके पर ही मौत हो गई सभी मृतक महासमुंद जिले के सांकरा गांव के रहने वाले थे मृतकों में बलदीडीह के पांच सांकरा के चार और अंसुला गांव का एक व्यक्ति शामिल हैं घटना के बाद एनडीआरएफ पुलिस और सामाजिक संस्था के लोगों ने शवों को वाहन से बाहर निकाला मुख्यमंत्री डॉक्टर रमने सिंह ने सड़क हादसे में दस लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है सुब्रत साहू समीक्षा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू आज नारायणपुर पहंचे और वहां नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा कीं उन्होंने स्थानीय महाविद्यालय में बनाए गए मतगणना केन्द्र का निरीक्षण किया और वहां जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए श्री साह ने रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष स्टॉफ रूम निर्वाचन शाखा कन्ट्रोल रूम और वीडियो निगरानी एमसीएमसी कक्षों का भी अवलोकन किया उन्होंने सेक्टर अधिकारियों और निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने कहा साथ ही ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनों की जानकारी मतदाताओं को देने की बात कही श्री साहू ने इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या को देखते हुए कहा कि अन्य मोबाइल कंपनियों की जिले में सेवाएं संचालित हो तो उनके सहायक उपकरणों के जरिए इंटरनेट की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाए उन्होंने कहा कि डिजिटल मैपिंग होगी इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं

राज्य चुनाव आयोग ने पहले चरण में बारह नवंबर को होने वाले अट्ठारह विधानसभा क्षेत्रों के मतदान के लिए कल अधिसूचना जारी की हमारे संवाददाता ने बताया है कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ अपने पिछले आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में हलफनामा भी जमा कराना होगा

मान्यता प्राप्त और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों के खिलाफ न्यायालय में लंबित और सजा सुनाए गए आपराधिक मामलों के संबंध में घोषणा को अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करना होगा साथ ही इस जानकारियों को समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से भी प्रकाशित और प्रसारित करवाना होगा विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर विस चुनाव नामांकन पत्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के बाद राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र खरीदने का सिलसिला भी शुरू हो गया है इसी कड़ी में आज कोटा के विधायक कवासी लखमा अपने समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और नामांकन पत्र खरीदा वहीं दंतेवाड़ा में छबिंद्र कर्मा और देवती कर्मा ने भी नामांकन पत्र खरीदा गौरतलब है कि पहले चरण में प्रदेश के आठ जिलों की अट्ठारह विधानसभा सीटों के लिए मतदान बारह नंवबर को होगा इसके लिए नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तेईस अक्टूबर है चौबीस अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और प्रत्याशी छब्बीस अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे इस बीच प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने चालीस स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है सूची में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक राजधानी रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में हुई बैठक में विधानसभा चुनाव के संबंध में तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई साथ ही प्रत्याशी चयन पर भी विचार विमर्श किया गया बैठक में प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पाण्डेय और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे

इसी कड़ी में आज दुर्ग में आरएएफ और छावनी पुलिस ने नंदिनी रोड में जांच के दौरान एक व्यक्ति के पास से छह लाख चौव्वन हजार रूपये जब्त किए हैं इस मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है वहीं महासमुद जिले में भी पुलिस ने दो अलग अलग वाहनों से करीब साढ़े पांच लाख रूपये बरामद किए हैं स्वीप कार्यक्रम राजनांदगांव जिले में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत बिहान स्व सहायता समूह की महिलाएं ग्रामीण मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रही हैं उन्होंने कलश में फूल और दीप रखकर मतदान का संदेश दिया इन महिलाओं ने दीप कलश लेकर गांव का भ्रमण किया और ग्रामीणों से कलश दीपोत्सव मनाने का संकल्प लिया उन्होंने ग्रामीणों को निर्वाचन आयोग के संदेश सुगम सुध्यर और समावेशी के बारे में भी जानकारी दी साथ ही दिव्यांगजनों से मुलाकात कर उन्हें ब्रेल लिपि में छपी पर्ची के बारे में बताया उन्होंने स्वीप की थीम को रंगोलियों के माध्यम से भी प्रदर्शित किया वहीं दुर्ग जिले में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से स्वीप मिठाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इस दौरान मिठाई के माध्यम से मतदाता जागरूकता के लिए बनाए गए डिजाइनों का प्रदर्शन कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया महासमुंद जिले में भी स्वीप कार्यक्रम के तहत दिव्यांगजनों की रैली को अतिरिक्त मुख्य सचिव आरपी मंडल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया आतिशबाजी समय निर्धारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानकों से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाले पटाखों के उत्पादन और उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र जारी किया गया है उनसे कहा गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए परिपत्र के अनुसार आतिशबाजी का समय सुबह छह बजे से रात दस बजे तक निर्धारित किया गया है अस्पताल स्कूल अदालत और धार्मिक स्थल जैसे अंतिसंवेदनशील क्षेत्रों में कम से कम सौ मीटर की दूरी तक पटाखे न फोड़े जाए यह भी कहा गया है कि सभी शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को ध्वनि और वायु प्रद्रषण तथा पटाखों के दृष्प्रभावों की भी जानकारी दी जाए साथ ही स्कूली बच्चों को शामिल करते हुए जनजागरण का अभियान स्कूलों में गठित इको क्लबों के माध्यम से किया जाए बीएसपी हादसा भिलाई इस्पात संयंत्र में गैस पाईप लाईन में हुए विस्फोट से मरने वाले छह श्रमिकों के शव आज उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं हादसे में मृतकों के शव बुरी तरह झुलस गए थे इसके बाद प्रबंधन ने शवों का डीएनए टेस्ट करवाया टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद शव परिजनों कौ सौंपा गया गौरतलब है कि बीते दिनों भिलाई इस्पात संयंत्र के कोक ओवन के ग्यारह नंबर बैटरी कॉम्पलेक्स में सुधार कार्य के दौरान विस्फोट होने से चौदह कर्मचारियों की मौत हो गई थी महाअष्टमी आज शारदेय नवरात्र की महाअष्टमी है आज के दिन महागौरी के रूप में शक्ति की उपासना की जाती है शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है राजधानी रायपुर सहित प्रदेष के विभिन्न शक्तिपीठों और मंदिरों में हवन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है रायपुर के महामाया मंदिर कालीमाता शीतला बंजारी आदि मंदिरों में सुबह से ही श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा मंदिरों और दुर्गोत्सव समितियों के साथ साथ व्रत उपवास रखने वाले श्रद्वालुओं ने कन्याभोज भी कराया नौ दिनों तक चलने वाले इस नवरात्रि पर्व में भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है स्पेशल ट्रेन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने दशहरा और दीपावली के मद्देनजर ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हए सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है यह ट्रेन हटिया और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बीच दो फेरों के लिए इक्कीस बाईस अट्ठाईस और उनतीस अक्टूबर को चलाई जाएगी संक्षिप्त समाचार जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने नब्बे हजार रूपये के नकली नोट के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है महासमुंद पुलिस ने नकली सोना देकर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है